एनपीआर में नहीं लिये जायेंगे कोई दस्तावेज

आज सजा के बिंद्र पर हुई सुनवाई

केन्द्र सरकार ने कहा है कि पूरे देश के लिए राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी तैयार करने का अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है लोकसभा में एक लिखित उत्तर में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ये जानकारी दी सरकार से पूछा गया था कि क्या देश में एनआरसी लाने की कोई योजना है और यदि सरकार इस संबंध में योजना बना रही है तो इसकी क्या तारीखें होंगी इन सवालों के जवाब में केन्द्र की ओर से यह स्पष्टीकरण आया है वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर के तहत लोगों से किसी प्रकार के दस्तावेज की मांग नहीं की जायेगी उन्होंने बताया कि एनपीआर में आधार संख्या देना भी स्वैच्छिक होगा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में उन लोगों के बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं की जायेगी जिनकी नागरिकता संदिग्ध होगी केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार उन राज्यों के साथ इस मुद्दे पर बातचीत कर रही है जिन्होंने एनपीआर को लेकर चिंता जतायी है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के दोषियों को अब ग्यारह फरवरी को सजा सुनायी जायेगी सजा के बिंदु पर आज दिल्ली की साकेत स्थित विशेष पॉक्सो अदालत में सुनवाई हुई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया इस मामले में बालिका गृह के संचालक ब्रजेश ठाकुर सहित उन्नीस आरोपियों को दोषी ठहराया गया है प्रवर्तन निदेशालय ने भागलपुर के कुख्यात अपराधी जयप्रकाश मंडल की लगभग साढ़े आठ करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को जब्त किया है प्राप्त जानकारी के अनुसार भागलपुर स्थित उसके कई भू खंडों कीमती वाहन और बैंक खाते को अटैच किया गया है जयप्रकाश मंडल पर डकैती रंगदारी और धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं

शूरूआती पूछताछ में पता चला है कि आरोपी आपराधिक गिरोहों को कारतूस की आपूर्ति करते थे केन्द्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गये बैंक खातों में रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार न्यूनतम शेष राशि बनाये रखने की कोई जरूरत नहीं है आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि न्यूनतम शेष राशि रहने के लिए जन धन खातों में कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पिछले महीने तक लगभग अड़तीस करोड़ बैंक खाते खोले गये इनमें से लगभग इकतीस करोड़ खातों में लेनदेन हो रहा है बैंकों में अब उपभोक्ताओं की पांच लाख रूपये तक की राशि बीमा सुरक्षा के दायरे में आयेगी पहले यह राशि एक लाख रूपये थी वित्त मंत्रालय ने इससे संबंधित बजटीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है वित्त सचिव राजीव कुमार ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी

सबसे अधिक मधेपुरा जिले में ग्यारह परीक्षार्थियों के खिलाफ कार्रवाई की गयी वहीं बांका जिले में एक परीक्षा केन्द्र पर द्रसरे परीक्षार्थी के बदले परीक्षा देने आये फर्जी छात्र को गिरफ्तार किया गया पटना उच्च न्यायालय ने पीएमसीएच में किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू करने को लेकर अब तक हुई प्रगति की रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी है एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में अब तक इस सुविधा को शुरू नहीं किये जाने पर कड़ी नाराजगी जतायी मामले की अगली सुनवाई सत्रह फरवरी को होगी

आज पटना में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि तय समय सीमा से पहले उनका विभाग ऐसे कर्मियों के समायोजन का विकल्प तलाश लेगा इधर आज भी सेवा स्थायी करने की मांग को लेकर पटना नगर निगम सहित प्रदेश के कई नगर निकायों के दैनिक सफाई कर्मी हड़ताल पर रहे प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव दलीय आधार पर कराने की तैयारियां शुरू कर दी गयी है नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि इसे लेकर उच्च स्तर पर सहमति बन चुकी है उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानना है कि दलीय आधार पर चुनाव होने से नगर निकायों को और मजबूती मिलेगी विकास और प्रबंधन संस्थान डीएमआई ने नगर निकायों के चुनाव दलीय आधार पर कराने की अनुशंसा की थी केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में बताया कि आयूष्मान भारत योजना के अन्तर्गत पिछले महीने तक लगभग अस्सी लाख मरीजों का इलाज किया गया उन्होंने बताया कि इलाज कराने वाले कुल अस्सी लाख में से करीब उनचास लाख मरीजों को सरकारी अस्पतालों में भर्ती किया गया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

इस अवसर पर कैंसर के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्यभर में कई कार्यक्रम आयोजित किये गये इसका लक्ष्य लोगों को कैंसर की रोकथाम पहचान और उपचार के लिए प्रेरित करना है हमारे गया संवाददाता ने बताया है कि आज से दस फरवरी तक जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में जागरूकता शिविर लगाये गये हैं मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच में कैंसर पेशेंट गाईडेंस सेंटर और टेली मेडिसीन यूनिट की आज से शुरूआत हुई वहीं पटना के कई सरकारी और निजी अस्पतालों में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जांच शिविर का आयोजन किया गया सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय को भारत सरकार ने नागरिक केन्द्रित सेवाओं पर उत्कृष्ट शोध के लिए दूसरा पुरस्कार प्रदान किया है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय डीओपीटी की ओर से विश्वविद्यालय को शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों के वर्ग में यह प्रस्कार प्रदान किया गया कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने सम्मान मिलने पर विश्वविद्यालय के कुलपति तथा निदेशक को शुभकामनाएं दी हैं दारोगा नियुक्ति के लिए हुई प्रारंभिक परीक्षा में कथित रूप से हुई धांधली के विरोध में अभ्यर्थियों ने आज पटना के जेपी गोलम्बर के पास प्रदर्शन किया आक्रोशित प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और वाटर कैनन का प्रयोग करना पड़ा कई अन्य जिलों में भी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शहरों में आपदा पर नियंत्रण और उसके जोखिम को कम करने के लिए नगर निकाय के कर्मियों को प्रशिक्षित करेगा प्राधिकरण के सदस्य पी एन राय ने कहा कि इसके लिए प्राधिकरण ने राज्य के बारह नगर निगमों और छह एजेंसियों के साथ समझौता किया है मौसम विभाग ने कहा है कि नये पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सात और आठ फरवरी को राज्य के दक्षिणी हिस्से में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है इधर पटना और इसके आसपास के क्षेत्रों में दोपहर बाद से मौसम के रूख में परिवर्तन हुआ है इन क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाये हुए हैं इधर राज्य के अधिकांश हिस्सों में पछुआ हवा के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान अब भी सामान्य से नीचे बना हुआ है आज पांच दशमलव चार डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा पश्चिम चंपारण के सिविल सर्जन ने आज छह आशा कार्यकर्ताओं के परिजनों को चार चार लाख रूपये अनुग्रह अनुदान का चेक सौंपा इन सभी की मौत काम के दौरान हो गयी थी अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र के श्यामपुर गांव में अगलगी की घटना में छह घर जलकर नष्ट हो गये इस घटना में लाखों रूपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है

एनपीआर में नहीं लिये जायेंगे कोई दस्तावेज

आज सजा के बिंदु पर हुई सुनवाई